श्री नायडू ने कल इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल सही समय पर प्रमाणिक सूचना सरकारी सेवाओं और ई सुचना पहल तक पहंच बढाने की आवश्यकता है शाह दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे है उनके होशंगाबाद सतना रीवा डिंडोरी और जबलपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं श्री शाह और पांच केन्द्रीय मंत्री आज होशंगाबाद में नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के नौ जिलों के पालक संयोजक और बृथ संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके अलावा वे कल सतना में कमल शक्ति सम्मेलन के आयोजन में शामिल होंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी कल से ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे

भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर रीती नीति विहीन राजनीतिक दल होने का आरोप लगाया है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कल इंदौर में दावा किया कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में राहल गांधी की सक्रियता से भाजपा को अतिरिक्त लाभ मिलेगा संपत्ति विरुपण राज्य में विधानसभा चुनाव की आदर्ष आचार संहिता लागू होने के बाद संपत्ति विरुपण के पांच लाख से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए है

मतदाता जागरूकता प्रदेश में चुनावी तारीख की घोषणा के बाद से राज्य भर के जिलों में मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है इसी कम में आज कटनी जिले में मतदाता जागरूकता के लिये स्वीप गतिविधि के अंतर्गत वोट फार रन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया यह दौर नगर निगम के फारेस्टर प्ले ग्रांउड में शुरू हई

वहीं शिवपुरी जिले में लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी देने के लिये आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गयी जापानी बुखार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जापानी ब्खार में भारत में पहले से उपयोग की जा रही दवा मीनोसाइक्लिन जापानी बुखार सहित सभी प्रकार के अक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम में अधिक कारगर है सीएसआईआर की प्रयोगशाला नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिर्बन बासु ने बताया कि जापानी बुखार भारत को छोडकर दुनिया के अन्य देशो से अब समाप्त हो चुका है यह बीमारी देश में मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश तक सीमित है इसके अलावा असम से भी क्छ मामले सामने आये है

चुनावी आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जन सुनवाई स्थगित रहेगी मुरैना जिले में डेंगू से ग्रस्त एक छात्र के उपचार के दौरान मौत हो गयी

समुद्री तूफान तीतली का प्रभाव खत्म होने के बाद अब प्रदेश के कई स्थानों पर चमकदार ध्रप खिली हुई है वहीं दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है लेकिन रात में सर्दी का एहसास होने लगा है